भोपाल के जम्बूरी मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी परिसर में आयोजित इस महाक्भ में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित हैं इस कार्यक्रम के साथ ही भाजपा अपने चुनावी अभियान का आगाज कर रही है यहां सरकार की उपलब्धियों को लेकर कई प्रदर्शनियां भी लेगाई गई हैं इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष दो हजार उन्नीस तक भाजपा देश के हर बृथ और हर गाँव तक पहंचेगी वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शाह की जोड़ी के प्रयासो से भाजपा ने देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अलग पहचान दिलाई है श्री चौहान ने कहा कि देश जिस तरह से विकास के पथ पर अग्रसर है वो श्री मोदी की दूरदर्शिता का परिचायक है मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने मध्यप्रदेश को एक बीमारू राज्य बना दिया था लेकिन हमारी सरकार ने इसे विकसित राज्यों की श्रेणी में ला दिया है उन्होंने कहा कि मैने जो भी घोषणायें की उन्हें साकार कर दिखाया वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि हम गौरान्वित होते हैं जब प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ करते हैं उन्होंने कहा कि ये वो मध्यप्रदेश है जहां बच्चियों के साथ क्रूरता करने वालों को फाँसी दिलाने के लिए सबसे पहले कानून बनाया गया इससे पहले भोपाल के स्टेट हैंगर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष श्री शाह का स्वागत किया गया

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये महाक्म्म नहीं शासन का कुंभ है उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के भोपाल में आयोजित महाकुंभ में सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है वहीं प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भी ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का मध्यप्रदेश में स्वागत करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री से आग्रह है कि कथित दस लाख कार्यकर्ता महाकृभ में मंत्र देने के बाद इस प्रदेश की जनता को यह भी जवाब दीजिएगा कि वे राफेल घोटाला और ई टेंडर घोटाले पर मौन क्यों हैं

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि नागरिकों को अपने उम्मीदवार के रिकॉर्ड के बारे में जानने का अधिकार है और राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों से संबंधित रिकॉर्ड अपनी वेबसाइट पर डालने होंगे प्रधान न्यायाधीश ने उम्मीदवारों के खिलाफ आरोप तय होने के बाद उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया और कहा कि संसद को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराधी राजनीति में न आने पाएं

उन्होंने कल भोपाल में इसी उद्वेश्य से कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली

इसमें स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी भाग लेंगे राज्यपाल ने कहा है कि अगर स्कूलों में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो ये कार्यक्रम मैदान या बगीचे या सामुदायिक भवन में आयोजित किया जा सकता है